इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के लालकिले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों ने आत्म निर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत इस सपने को साकार करेगा प्रधानमंत्री ने आज से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की भी घोषणा की

लाल किले की प्राचीर से लगातार सातवीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के समग्र ढांचागत विकास को नई दिशा देने की आवश्यकता है ताकि भारत तेजी से आधनिकता की तरफ बढ़ सके उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन परियोजना से यह लक्ष्य हासिल होगा और देश इस पर एक करोड़ रूपये से अधिक खर्च करने जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकताएं हैं उन्होंने कहा कि देश के किसानों को आधुनिक ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक लाख करोड़ रूपये का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना की तीन वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर हैं और वैज्ञानिकों की मंजूरी मिलने के बाद इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जायेगा उन्होंने कहा कि भारत अपनी जैव विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए प्रतिबद्ध है हाल ही में देश में बाघों की संख्या में तीव्र गति से वृद्वि हुई है श्री मोदी ने कहा कि एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए देश में शीघ्र ही एक परियोजना शुरू होने जा रही है उन्होंने कहा कि डॉल्फिन को नदियों और समुद्रों में संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी शुरू किया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस प्रदेश प्रदेश मे भी आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया इस अवसर पर राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरु स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के अभियान में उन्होंने सभी से सहभागिता करने का अनुरोध किया इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शौर्य स्मारक पहंचकर पुष्पचक अर्पित कर स्वातंत्रयवीर शहीदों को नमन किया

प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल के चलते स्वतंत्रता दिवस काफी ऐहतियात के साथ मनाया गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण किया केन्द्र और राज्य के विभिन्न कार्यालयों में तिरंगा फहराया गया वहीं शासकीय और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया ग्वालियर भिण्ड टीकमगढ़ मुरैना शिवपुरी जिला मुख्यालयों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया वहीं खंडवा रायसेन जबलपुर सीर्धी और डिण्डौरी सहित सभी जिलों से स्वतंत्रता दिवस मनाने के समाचार मिले हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन को सही रूप में सफल बनाने में पुलिस विभाग का सराहनीय योगदान रहा है इस अवसर पर उन्होंने कोरोना काल में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे